होलिका दहन के दिन भी लोगों से कम से कम संख्या में एकत्र होने का परामर्श राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार हुई

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मददेनजर लोगों से सभी एहतियाती उपायों पर अमल करने की अपील की है आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि होलिका दहन के अवसर पर कम से कम लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति होगी साथ ही होली के दिन सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन और किसी भी प्रकार के अन्य आयोजन पर रोक लगा दी गयी है शब ए बरात पर भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी लोगों से मास्क पहनने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और हाथों को नियमित अंतराल पर साफ करने को कहा गया है श्री प्रसाद ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि होली और शब ए बरात को देखते हये निगरानी बढ़ा दी गयी है साथ ही कोविड जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है श्री पांडेय ने बताया कि अधिकारियों को सत्तर प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर और ट्रूनेट के माध्यम से करने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश के इकतीस जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो सौ ग्यारह नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक छियासठ मामले पटना से सामने आये हैं वहीं जहानाबाद से सोलह भागलपुर से तेरह गया से बारह और मुजफ्फरपुर से दस पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौंसठ हजार चार सौ नौ हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ तैंतीस मरीजों को छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख इकसठ हजार आठ सौ उनतालीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत है एक दिन में दो मरीजों के मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ उनहत्तर हो गया है वर्तमान में एक हजार मरीजों का उपचार चल रहा है पटना में सबसे अधिक चार सौ अठारह मरीज इलाजरत हैं

इसमें बीस लाख इकसठ हजार दो सौ सात लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख इक्कीस हजार छह सौ छियानवे लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक पांच करोड़ इक्यासी लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश अस्थिरता आतंकवाद और अशांति की जगह विश्व में स्थिरता प्रेम और शांति चाहते हैं श्री मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के क्रम में ओराकांडी में मौथुवा समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि दोनों देश अपनी प्रगति के माध्यम से विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं बाईट भारत और बांग्लादेश दोनो ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं दोनो की देश दुनिया में अस्थिरता आतंक और अशांति की जगह स्थिरता प्रेम और शांति चाहते हैं यहीं मूल्य यहीं शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाक्र देव जी ने हमें दी थी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी क्षमताएं सिद्ध की आज दोनों राष्ट्र मिलकर इस महामारी से द्रढ़तापूर्वक संघर्ष कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत यह अपना कर्तव्य समझता है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे बाईट कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनो ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है आज दोनो ही देश एक साथ मिलकर इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज देवी काली का आशीर्वाद लेकर बांग्लादेश की दो दिन की यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने सतखीरा में जेसोरेश्वरी काली शक्ति पीठ में पूजा अर्चना की पौराणिक परम्पराओं के अनुसार ये इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने मां काली से मानव जाति को कोविड उन्नीस के खतरे से मुक्त करने की प्रार्थना की

जिस मंत्र को हमने जिया है वसुधैव कुट्म्बकम जो हमारे संस्कार की विरासत है हम पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं

आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि यहां मां काली की पूजा का जब मेला लगता है बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की पचहत्तरवीं कड़ी होगी मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर किया जायेगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा रही है अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के कारण कई हिस्सों में तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है

इधर प्रदेश में निचली अदालतों का संचालन पांच अप्रैल से सुबह सात बजे से दिन के एक बजे तक होगा यह व्यवस्था छब्बीस जून तक प्रभावी रहेगी बिहार राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से होलिका दहन में प्लास्टिक रबर टायर जले हुए मोबिल और किरासन तेल जैसे प्रद्रषणकारी चीजों का उपयोग नहीं करने को कहा है बोर्ड अध्यक्ष एके घोष ने कहा कि ऐसे पदार्थों से वायुमंडल में गैसीय प्रद्षण की मात्रा बढ़ती है जिससे मानव स्वास्थ्य और हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच तीस मार्च से आठ अप्रैल तक प्रति दिन एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जायेगा लोगों को पत्र लेखन से जोड़ने के लिए डाक विभाग पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि पन्द्रह वर्ष तक की आयु का कोई भी बच्चा परिवार के किसी सदस्य को कोविड उन्नीस के अनुभवों के संबंध में पत्र लिखकर पोस्टमास्टर जनरल जीपीओ पटना के नाम से पांच अप्रैल तक भेज सकता है केन्द्रीय विद्यालयों में अकादमिक वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए पहली कक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एक अप्रैल से शुरू होगा कक्षा दो और उससे ऊपर के क्लास के लिए आठ अप्रैल से ऑफलाईन नामांकन लिये जायेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली कक्षा के लिए ऑनलाईन पंजीकरण उन्नीस अप्रैल तक चलेगा गोपालगंज जिले के महम्मदपुर गांव के पास एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी मृतकों में पति पत्नी और बेटा बेटी शामिल हैं सभी सहरसा जिले के बनगांव के रहने वाले थे और होली पर दिल्ली से अपने गांव जा रहे थे कटिहार जिले के बारसोई रेलवे स्टेशन के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर से लगभग पांच सौ अठहत्तर लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीमों ने छापेमारी कर अलग अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ बेगूसराय जिले अलग अलग थाना क्षेत्रों में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत पैंतीस कार्टन शराब बरामद की गयी मौके से दो तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है गोपालगंज नगर थाना में तैनात होमगार्ड के एक जवान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली मामले की जांच की जा रही है सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र के विशनपुर तेलियाही गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी वैशाली जिले के बिदुपुर थाना स्थित हाजत से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है

होलिका दहन के दिन भी लोगों से कम से कम संख्या में एकत्र होने का परामर्श राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार हुई

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी